मौसम में बदलाव के साथ प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश के समाचार

देशव्यापी लॉकडाउन के बाद यह इस तरह की पांचवी बैठक होगी

विदेशों में मेडिकल की पढाई करने गये छात्रों को भी वापस लाने के प्रयास किये जाएंगे

उन्होंने कहा कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा जल संरक्षण और वृक्षारोपण के काम किये जाने चाहिए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जो प्रवासी राज्य की सीमाओं पर पहुंच चुके हैं उन्हें बिना किसी देर के प्रवेश दिया जाये साथ ही उन्होंने क्वारेंटीन सेंटर पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कियाँ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनहित के मुद्दों और बेरोजगारों की मांगों पर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही है लेकिन सरकार ने उन पर ँकोई कार्यवाही नहीं की

कल टिड्डियों के दल बाडमेर जिले में प्रवेश कर गए उधर जैसलमेर में भी टिड्डी दल जिले की सीमा में प्रवेश कर रहा है

जयपूर में सब्जी फल और किराना विक्रेताओं के संक्रभित पाये जाने के बाद आवश्यक वस्तुओं के विक्रेताओं की रैडम सैम्पलिंग की जा रही है नगर निगम द्वारा सब्जी और फल विक्रेताओं को लाइसेंस भी दिये जा रहे है जयपूर के जिला कलेक्टर डॉ जोगाराम ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा ही सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है उन्होंने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी परिवार में किसी की मृत्यु होने या अन्य किसी अतिआवश्यक कार्य के लिए अन्य जिलों में जाने के लिए भी पास जारी जारी किये जा रहे है

हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि कानजी का हाटा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद कोरोना की चैन तोड़ने के लिए पूरे क्षेत्र में लोगों को घरों से निकालकर क्वारेंटीन किया गया है और पूर मोहल्ले को सैनेटाइज किया जा रहा है

च्रू जिले के सादुलपुर क्षेत्र में वन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है कि चमगादड़ से कोरोना फैलने की बात मात्र अफवाह है गौरतलब है कि पिछले दिनों लोगों द्वारा चमगादडों को मारने का मामला सामने आया था वन अधिकारी योगेन्द्र सिंह ने बताया कि चमगादड़ से संक्रमण नहीं फैलता है इसलिए इसे ना मारे

उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत काम मांगने के लिए लोगों को प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मनरेगा कार्यो से जरूरमंद लोगों को काफी राहत मिली है

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि अजमेर से श्रमिक और प्रवासियों को लेकर एक रेल बिहार के पूर्णिया के लिए रवाना हई जबकि दूसरी रेल बाड़मेर से मोतीहारी के लिए गयी है उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों की मांग के आधार पर विर्शेष रेल सेवाओं के संचालन का फैसला किया जा रहा है

माँ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए पूरे विश्व में ये दिन मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है प्रदेशभर में भी लोग बढ चढकर सोशल मीडिया के जरिए अपनी माँ के प्रति भावनाए जाहिर कर रहे है दूसरी ओर कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रही महिला कार्भिक भी दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है

उधर बीकानेर की रहने वाली भारत की पहली महिला कमाण्डेंट तनुश्री पारीक इन दिनों जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात है

जयपुर टोंक करौली सवाईमाधोपुर सहित कई जिलों में दोपहर बाद अंधड के साथ हल्की बारिश होने के समाचार है

विभाग ने आज और कल बीकानेर जयपुर अजमेर कोटा जोधपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है